कल तमिलनाडु के वेल्लूर में एक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने ये जानकारी दी आकाशवाणी के साथ विशेष बातचीत में श्री नाइक ने बताया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में शोध को बढावा देने के लिए देश के विभिन्न भागों में एम्स जैसे शोध संस्थान खोले जाएंगे

मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस अवसर पर लोगों से अंगदान के प्रति सजग होने की अपील की है श्री नाथ ने लोगों से अंगदान करने के लिए अपना पंजीयन कराने का आग्रह किया है उन्होंने कहा है कि अंगदान से एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि कई परिवारों को जीवन और खुशियाँ मिल सकती है

राज्यस्तरीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संस्था का गठन कर जीवन रहते और जीवन के बाद अंगदान को बढ़ावा दिया जा रहा है श्री नाथ ने कहा कि ऐसे सभी निजी चिकित्सालयों एवं सामाजिक संगठनों को भी बढ़ावा दिया जायेगा जो मानवता के हित में अंगदान के लिये कार्य कर रहे हैं

ट्रांस ल्यूनर इंजेक्शन प्रक्रिया से चन्द्रयान पृथ्वी केन्द्रित कक्ष से बाहर चला जायेगा और सवेरे साढे तीन बजे के करीब यह सीधे चन्द्रमा की ओर बढ़ जायेगा

भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रिहर्सल के दौरान परेड में शामिल हो रहे विभिन्न दलों ने परेड का अभ्यास किया उधर राष्ट्रीय राजधानी के ऐतिहासिक लालकिले में भी सेना नौसेना और वायुसेना की ट्कड़ियों ने मार्चपास्ट किया स्कूली बच्चों ने उपस्थित दर्शकों और गणमान्य व्यक्तियों के सामने प्रदर्शन किया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बृहस्पतिवार को लालकिले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे इसके बाद वे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

नागरिक आकर्षक विद्युत साज सज्जा के साथ ही बच्चों की प्रस्तुतियों का आनंद भी ले सकेंगे

इंदौर शहडोल और रीवा संभाग में कुछ स्थानों पर बारिश हुई जबकि अन्य संभागों में कहीं कहीं ही ब्रंदाबांदी हुई

बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र बनने की संभावना के कारण प्रदेश के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश की संभावना है

राजधानी भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में आकाश में बादल छाये रहने और बूंदा बांदी होने के आसार हैं